प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद में आई कमी की चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों को चर्चा के जरिए सुलझाया जा सकता है मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह दशक ब्रू रियांग जनजातीय समुदाय के लिए आशा की नई किरण लेकर आया है

प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण में बढ़ती जनसहभागिता की सराहना की

इस अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों और संस्थाओं को प्रस्कृत किया गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार की उपलब्धियां दर्शाने के लिए विभिन्न विभागों की रंगारंग झांकियां भी निकाली गई वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में ध्वजारोहण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सरकार द्वारा जनहित के लिए किये जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए जनता के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई उन्होने कहा कि गण और तंत्र अपनी सोच बदले और परिवर्तनों को अपनाएं अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना और निवेश के लिए जल्दी ही नया कानून बनाया जाएगा

उधर रतलाम जिले में भी गणतंत्र पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया रतलाम में जिला कलेक्टर ने तिरंगा फहराया स्कूली बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यकम प्रस्तृत किया खंडवा में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ ने परेड की सलामी ली खंडवा शहर में एक स्वयंसेवी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया शिवपुरी में जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया और विद्यार्थियों के साथ भोज में शामिल हुए

इनमें चार लोग मध्यप्रदेश के भी हैं इंदौर के समाजसेवी डॉ नेमनाथ जैन को उद्यमशीलता के लिए और उज्जैन में जन्मे कथक गुरु पुरु दाधीच को कला संस्कृति में अमूल्य योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है

डॉ जोशी महिलाओं की एनीमिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस सम्मान से और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी

समारोह को सम्बोधित करते मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों का समग्र कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है प्रदेश में आदिवासियों को बेहतर शिक्षा के माध्यम से रोजगार के लिए सक्षम बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिये कार्य किये जा रहे हैं कार्यक्रम में अतिथियों ने आदिवासियों के जीवन के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट टंट्या मामा के जीवन से जुड़े पोस्टर कैलेण्डर पत्रिका आदि का विमोचन भी किया लोकरंग महोत्सव पारंपरिक कलाओं पर आधारित उत्सव लोकरंग कल से भोपाल में रवीन्द्र भवन में शुरू हो गया उत्सव का उद्घाटन प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ ने किया कल पहले दिन गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में चयनित प्रतिभागियों और झांकियों के राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गये वहीं गोंड जनजातीय पर आधारित नृत्य नाटिका राजा पेमलशाह प्रस्तुत की गई

जिसमें लोक परंपरा के गीत संगीत नृत्य नाटक चित्र और शिल्प प्रदर्शित किये जाते हैं आज इस उत्सव में गुजरात के खारी गायन पर आधारित देशराग मालवी परंपरा पर आधारित घुमर और ब्राजील और यूकेन देशों के नृत्य प्रस्तुत किये जायेंगे घरोहर के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के जनजातीय लोकनृत्य भी पेश किये जायेंगे आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के उपयोग के लिए ज्ञानवर्धक कहानी कविता चुटकुले एवं गीत से संबंधित पुस्तकों को संग्रहित करने के लिए कटनी जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान शुरू किया गया है

मौसम उत्तर की ओर से आ रही हवाओं का रूख बदलने और चमकदार धूप खिलने से वातावरण की नमी में आई कमी के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में सर्दी का मौसम अब बिदाई की ओर है अधिकांश जिलों में सुबह से ही चमकदार धूप खिल रही है जिससे तापमान में बढ़ौतरी दर्ज की जा रही है

सबसे कम न्यूनतम तापमान रीवा में पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया राजधानी भोपाल में भी धूप खिली होने से तापमान में बढ़ौतरी दर्ज की गई

एक दिन पहले रेलवे ट्रेक पर युवक का शव मिला था